शिक्षा मंत्री गोविन्द ठाकुर ने लोगों से कोविड जांच के लिए स्वेच्छा से आगे आने का किया आह्वान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

कृषि मंत्री केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि केन्द्र सरकार किसानों के हित के लिए प्री तरह से प्रतिबद्ध है नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी भी तरह का खतरा या उस पर शंका करना बेब्नियाद है उन्होंने किसान संगठनों को आश्वस्त किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी

ये दिन महा परिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है देश सहित प्रदेश में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजधानी शिमला के अम्बेडकर चौक में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस दौरान मौजूद रहे वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी संविधान निर्माता को श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि समाज सुधार के उनके कार्य आज भी हमें आपसी एकता व समृद्ध संस्कृति से मजबूती से जोड़े हुए है महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर भाजपा कार्यालय शिमला में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी गई

उन्होंने इसके लिए गूगल कम्पनी का आभार जताया है उन्होंने कहा कि कांगडा मण्डी और महासुवी की बोलियों को गूगल की बोर्ड में शामिल करने से इन बोलियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त हुई है किशन कप्र ने कहा कि हिमाचली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रयास को गूगल के इस निर्णय से लाभ पहुंचेगा

गोविंद ठाक्र शिक्षा मंत्री गोविन्द ठाकुर ने लोगों से कोविड जांच के लिए स्वेच्छा से आगे आने का आहवान किया है उन्होंने कहा कि ऐसा करने से वे जहां स्वयं सुरक्षित रहेंगे वहीं अपने परिजनों को भी संक्रमित होने से बचा पाएंगे गोविन्द ठाकुर ने बताया कि कुल्लू ज़िले में प्रत्येक चिकित्सा खण्ड स्तर पर सैंपल लेने के लिए प्रशासन द्वारा टीमों का गठन किया गया है

उन्होंने आज शिमला में कहा कि पार्टी ने किसानों के समर्थन में पिछले दिनों एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था और ये सभी हस्ताक्षर अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए हैं

उन्होंने कहा कि शिमला ज़िले में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और चुनाव होने से संक्रमण फैलने की आशंका है रोहित ठाकुर ने कहा कि यदि चुनाव को टालने को लेकर कोई संवैधानिक समस्या आ रही है तो प्रदेश सरकार को इस मुद्दे को केन्द्र सरकार के समक्ष गम्भीरता से उठाना चाहिए

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने पुलिस व दमकल टीम के साथ राहत कार्य शुरू किया इस अग्निकाण्ड में जानमाल के नुकसान का कोई समाचार नहीं है

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी गुजांदली में हुए अग्निकाण्ड पर दुख व्यक्त किया है उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने के लिए तत्पर है अजय शर्मा एपीएमसी हमीरपुर के चेयरमैन अजय शर्मा ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के जंगलरोपा में आज क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है अजय शर्मा ने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में क्रिकेट को बुलंदियों पर पहुंचाया है और धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाकर इतिहास कायम किया है योजना प्रदेश विद्युत बोर्ड ने गरीब परिवारों से मुख्यमंत्री रोशनी योजना का लाभ लेने का आग्रह किया है बोर्ड के एक प्रवक्ता के अनुसार योजना के तहत गरीब लोगों को बिजली कनेक्शन मुफ्त दिए जा रहे हैं लोग इस योजना की अधिक जानकारी बोर्ड के किसी भी सब डिवीजन टोल फ्री नम्बर एक नौ एक दो या फिर एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य आठ शून्य छः शून्य से हासिल कर सकते हैं मौसम प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम एकबार फिर करवट ले सकता है

इस बीच प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी हल्के बादल छाए रहे पिछले कुछ दिनों से राज्य में मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है